प्रधानमंत्री ने कहा केन्द्र सरकार गरीबी कम करने की दिशा में किये सफल प्रयास

भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन आज प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है

नई दिल्ली के लालकिले पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि आजाद भारत के विकास शांति और समृद्धि में योगदान देने वालों को राष्ट्र नमन करता है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश स्वाभिमान के साथ सफलता की सीढी पर आगे बढ रहा है अब हमें समस्याओं को जडों से मिटाने का प्रयास करना होगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने गरीबी कम करने की दिशा में सफल प्रयास किये हैं

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हाल ही में किए गये परिवर्तनों से इन क्षेत्रों को बहुत लाभ होगा उन्होंने कहा कि इससे वहां के लोगों को देश के अन्य भागों के नागरिकों की तरह अधिकार सुविधाएं और विशेषाधिकार मिलेंगे

श्री कोविंद ने कहा कि देश को आजादी दिलाने वाली महान पीढ़ी ने केवल राजीनीतिक अधिकार हासिल करने के बारे में ही नहीं सोचा था बल्कि उन्होंने इसे राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता की दूरगामी और व्यापक प्रक्रिया की ओर बढ़ता कदम माना था राज्य में भी स्वाधीनता दिवस पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जयप्र के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है जहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उल्लेखनीय सेवाओं के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया राज भवन में राज्यपाल कल्याण सिंह ने भी ध्वजारोहण किया राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को स्वाधीनता दिवस की बधाई दी है

राज्यमर में संभाग और जिला स्तर पर भी स्वाधीनता दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है कोटा से हमारे संवाददाता ने बताया कि संभाग मुख्यालय पर स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने राष्ट्र ध्वज फहराकर मार्च पास्ट की सलामी ली टोंक में परिवहन और सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राष्ट्र ध्वज फहराया

सवाई माधोपुर में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली

प्रदेशभर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर बहने अपने भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधकर उनकी लम्बी आयु की कामना कर रही हैं रक्षाबंधन के मौके पर विभिन्न संस्थानों की ओर से भी कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं जयपुर केन्द्रीय कारागार में भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है यहां बहने अपने कैदी भाइयों के राखी बांध रही है इसके लिए जेल प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किये गये हैं रक्षा बंधन को लेकर रोडवेज ने अतिरिक्त बसे संचालित की हैं इस मौके पर राज्यपाल कल्याण सिंह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बघाई और शुभकामनाएं दी हैं उपराष्ट्रपति एम वें कैया नायडू ने राजनीतिक दलों से नेताओं के लिए कॉड ऑफ कंडक्ट बनाने की अपील की श्री नायडू ने कल जयपूर के बिडला सभागार में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरांसिंह शेखावत की स्मृति में व्याख्यान कार्यक्रम में भाग लिया कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भैरोसिंह शेखावत के विचारों और सिंद्वातों पर प्रकाश डाला राज्य के पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि स्वाधीनता दिवस और रक्षा बंधन पर्व को लेकर पुलिस की ओर से सुरक्षा और कानून व्यवस्था के पूख्ता इंतजाम किये गये हैं कल पुलिस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने जयपुर में हुई उपद्रव की घटना को लेकर लोगों को आश्वस्त किया कि स्थिति में सुधार हो रहा हैं

शहर के प्रभावित इलाकों में स्थिति नियंत्रण में है

इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव से मुलाकात कर पिछले दो दिनों से शहर में हई घटनाओं के मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की

यह पिछले सर्वेक्षण के मुकाबले तीन गुना बडे पैमाने पर होगा

श्री शेखावत ने एक एप भी जारी किया जिसके जरिए लोग सर्वेक्षण पर अपनी प्रॅतिक्रिया दे सकते है उन्होंने कहा कि इस कवायद का मकसद स्वच्छता के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना है श्रीगंगानगर के सदर इलाके में कल देर शाम पानी की डिग्गी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई पुलिस के अनुसार दोनों बच्चे खेलते हुए घर में बनी पानी की डिग्गी में गिर गए सीमावर्ती जैसलमेर जिले में सेना के अंतर्राष्ट्रीय आर्मी स्काउट मास्टर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है प्रतियोगिता के चौथे चरण मे पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में न रिफ्लेक्ट्स शूटिंग का अभ्यास किया गया इस दौरान प्रतिभागियों ने छोटे हथियारों से फायर करने के कौशल का प्रदर्शन किया प्रदेशभर में मानसून की बारिश का दौरा लगातार जारी है

जयपुर में कल से शुरु हुआ बारिश का दौर आज भी जारी रहा आज सुबह करीब डेढ घंटा मूसलाधार बारिश हुई इससे सडकों और निचली बस्तियों में पानी भर गया इस बीच सवाई माघोपुर जिले में भी रुक रुक कर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है